समाचार लिखे जाने तक भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है रायपुर नगर निगम के सत्तर वार्डो में अब तक मिले रूझानों के अनुसार तीस सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं वहीं सत्ताईस पर भाजपा दो सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और दस अन्य सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं भाजपा से पार्षद पद के प्रत्याशी सूर्यकांत राठौर विश्वदिनी पांडेय मनोज वर्मा सीमा साहू और सरिता वर्मा ने जीत दर्ज की है वहीं भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले अमर बंसल ने भी जीत का परचम लहराया है भाजपा के संजय श्रीवास्तव को हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस से आकाश तिवारी कामरान अंसारी और अंजलि विभार ने जीत दर्ज की है वहीं निवर्तमान महापौर प्रमोद दुबे निर्णायक बढ़त की ओर है बिलासपुर नगर निगम में अब तक घोषित परिणामों में भाजपा चौतीस और कांग्रेस इकतीस सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं वहीं राजनांदगांव नगर निगम में बाईस सीटों पर कांग्रेस इक्कीस सीटों पर भाजपा एक सीट पर सीपीआई और सात सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है इधर जगदलपुर नगर निगम में कांग्रेस ने अट्ठाईस भाजपा उन्नीस और एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है कोरबा नगर निगम में भाजपा छब्बीस कांग्रेस चौबीस निर्दलीय चौदह बसपा एक सीपीएम एक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं वहीं रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस ने चौबीस भाजपा ने उन्नीस और पांच निर्दलीय प्रत्याशियों ने निर्णायक बढ़त बनाई है अंबिकापुर नगर पालिक निगम में कांग्रेस सत्ताईस सीटों पर भाजपा बीस सीटों पर और निर्दलीय एक सीट पर आगे चल रहे हैं धमतरी नगर निगम में कांग्रेस अट्ठारह भाजपा सत्रह और पांच पर अन्य प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं

सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई परिणाम आने के साथ ही कहीं खुशी कहीं गम का माहौल नजर आया गौरतलब है कि राज्य में एक सौ इंक्यावन नगरीय निकायों में दो हजार आठ सौ चालीस वार्ड पार्षद और बिरगांव तथा भिलाई में तीन पार्षद पद के लिए हुए चुनाव के लिए बीते इक्कीस दिसंबर को वोट डाले गए थे इस बार मतपत्रों से मतदान हुआ है इसलिए स्पष्ट आंकड़े देर रात तक मिलने की संभावना है वार्षिक आकाशवाणी पुरस्कार आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आकाशवाणी के अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश को सर्वश्रेष्ठ समाचार एकांश के पुरस्कार से सम्मानित किया गया केंद्रीय मंत्री के हाथों यह पुरस्कार आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश प्रमुख विकल्प शुक्ला ने ग्रहण किया

इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश और मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशि शेखर वेम्पति सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे गौरतलब है कि आकाशवाणी अपने विभिन्न केन्द्रों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की व्यावसायिक उत्कृष्टता बढाने के लिए वर्ष उन्नीस सौ चौहत्तर से यह पुरस्कार प्रदान कर रहा है उपराष्ट्रपति प्रवास उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू छब्बीस दिसंबर को दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं अपने प्रवास के दौरान वे सत्ताईस दिसंबर को इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की छठवीं कड़ी का प्रसारण आगामी बारह जनवरी को होगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से किया जाएगा यह रेडियोवार्ता सुबह साढ़े दस बजे शुरू होगी लोकवाणी में इस बार का विषय सेवा का एक साल रखा गया है इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के टेलीफोन नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पर कल पच्चीस दिसंबर तक दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं आदिवासी नृत्य महोत्सव सत्ताईस दिसंबर से राजधानी रायपुर में शुरू होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं इस तीन दिवसीय महोत्सव में पच्चीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अलावा छह अन्य देशों के तेरह सौ से अधिक प्रतिभागी अपनी कला संस्कृति की झलक पेश करेंगे महोत्सव में उनतालीस जनजातियां चार विभिन्न विधाओं में तैंतालीस से अधिक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करेंगे चार अलग अलग नृत्य विधा में पहला पुरस्कार पांच लाख रूपये द्सरा तीन लाख रूपये तीसरा दो लाख रूपये और सांत्वना पुरस्कार पच्चीस हजार रूपये रखा गया है महोत्सव में प्रतिदिन सुबह नौ बजे से लेकर रात नौ बजे तक कलाकार अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे गौरतलब है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हो रहा है जिसमें देश विदेश के जनजातीय कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है इसका उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करना है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 वाहन माइक्रोडॉट्स केन्द्र सरकार ने वाहनों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन और उनके कलपुर्जो पर माइक्रोडॉट्स पहचान चिन्ह लगाने के नियमों की घोषणा कर दी है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि माइक्रोडॉट्स से वाहनों की सुरक्षा बढ़ेगी इससे संबंधित मसौदा इस वर्ष जुलाई में जारी किया गया था जिस पर सुझावों और आपतियों पर गौर करने के बाद अधिसूचना जारी की गई है दिखाई न देने वाले माइक्रोडॉट्स अब वाहनों और उनके पुर्जो पर लगाए जाएंगे जिससे चोरी रोकने के साथ ही नकली कलपुर्जों की पहचान हो सकेगी क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्मदिन का पर्व क्रिसमस कल मनाया जाएगा इस पर्व की तैयारियां प्रदेशभर में जोर शोर से चल रही हैं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित गिरिजाघरों में आज से ही उत्सव का माहौल देखा जा रहा है गिरिजाधरों में आकर्षक साज सज्जा के साथ झांकियां सजाई गई हैं आज आधी रात गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना की जाएगी वहीं कल प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई जाएंगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि सत्य अहिंसा दया करूणा और सामाजिक समानता पर आधारित प्रभू यीशु मसीह का जीवन दर्शन सम्पूर्ण मानव समाज के लिए कल्याणकारी है श्री बघेल ने क्रिसमस पर्व के अवसर पर सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना की है